एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राष्ट्रीय साक्षरता मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान दवारा राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता परीक्षा वर्ष में दो बार अगस्त व मार्च में आयोजित की जाती है

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषीय साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज का विषय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

यह कार्यक्रम द्रदर्शन की डीटीएच सेवा भी उपलब्ध रहेगा हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा है कि किसानों को हर लिहाज से उन्नत करने के लिए प्रतिवद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में किसानों का योगदान अभूतपूर्वहै श्री सोलंकी रोहतक में तृतीय नेतृत्व शिखर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश से पहंचे कपि हजारों किसानों को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने राज्य के चार किसानों को कृषि रत्न प्रसकार से सम्मानित किया श्री सोलंकी ने कृषि शिखर सम्मेलन को प्रदेश के किसानों के लिए प्रासागिक बताते हुए कहा कि यह किसानों की प्रगति में नई दिशा तय करेगा उन्होंने कहा कि लगातार तीसरा सफल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित करके प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों के हित में देश के समक्ष उदाहरण पेश किया है

राज्यपाल ने कहा कि किसानों के लिए यह सम्मेलन प्ररेणादायी कार्यक्रम है उन्होंने इस बात पर भी ख्शी जाहिर की कि इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में होने के कारण महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की झलक मिल रही है पश्पालन मध्मक्खी पालन से लेकर कर खेल खलिहान में महिलाओं का श्रम प्रदेश को निरंतर प्रग्रति की ओर ले जा रहा है

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने रोहतक में चल रहे तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के मुख्य पंडाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य से आए किसानों को समबोधित कर रहे थे

राधा मोहन ने कहा सूक्षम सिंचाई के लिए पांच हजार करोड़ मत्सय पालन के लिए सात कि हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है किसान के उत्पाद की कीमत कम न हो इसके लिए केन्द्र सरकार ने दलहन व तिलहन के आयात शुल्क को बढ़ा दिया

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा अभिलक्ष लिखी ने किसानों को उदघाटन किया कि वे कीटनाशकों को प्रयोग को कम करते हुए जैविक खेती की ओर तीव्रता से कदम बढ़ाए जैविक खेती समय ही मांग है कि किसानों की आय में भी उल्लेनीय वृद्वि होगी

डा लिखी रोहतक मे तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सममेलन मे आज किसानों व कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों तथा कृषि वैज्ञानिकों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज के दौर में खेती बाड़ी में कीटनाशकों का उपयोग बडे स्तर पर किया जा रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है उन्होंने कहा कि कीटनाशकों पर निर्भरता दूर करने की जरूरत है ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखा जा सके

इसी सिलसिले में डीजेबी ने पिछले सप्ताह अपैक्स कोर्ट में याचिका दाखिल की न्यायालय ने इस बाबत सुनर्वा के लिए दो अप्रैल तिथि तय की है हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एचसीएमएस और एचसीडीएस डाक्टरों के लिए स्नातकोतर डी एन बी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से सम्बधित नीति संशोधित की है